सावर्जनिक कार्यक्रमों पर भी लगायी गयी रोक

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा

पन्द्रह मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संकमण से निपटने के लिए इकतीस मार्च तक सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया है इस महीने तक राज्य के सभी सिनेमाघर पार्क और म्यूजियम को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया

इस रोक तहत तेईस और चौबीस मार्च को होने वाले बिहार दिवस समारोहों को भी स्थगित कर दिया गया है मुख्य सचिव ने बताया कि सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को मिलने वाली मिड डे मील के एवज मे नकद राशि बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में डाल दी जाएगी मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है श्री कुमार ने कहा कि वायरस के संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

उन्होंने बताया कि पटना एम्स पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में इमरजेंसी बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार इस विकल्प पर भी विचार कर रही है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मियों को रोटेशन के तौर पर बुलाया जाये

मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं राज्य में संक्रमण की जांच के लिए तीन नमूना संग्रह प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं ये प्रयोगशालाएं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोली गई हैं इधर भारत नेपाल सीमा से लगे पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि रेल मंत्रालय के निर्देश पर मंडल के बनमनखी सहरसा दरभंगा नरकटियागंज मोतिहारी और समस्तीपुर रेलवे अस्पताल में करीब चार सौ बेड का आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि गया अंरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब तक उन्नीस हजार से अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है

राष्ट्रीय जनता दल ने एहतियात के तौर पर कल से राजगीर में होने वाला दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर स्थगित कर दिया है कटिहार के जिलाधिकारी ने कल बारसोई में होने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी की जनसभा रद्द कर दी है लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी अपना राज्यव्यापी जन संपर्क अभियान और चौदह अप्रैल को पटना में होने वाले जन सभा को स्थगित कर दिया है वरिष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों से कोरोना वायरस को लेकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है एक गीत के माध्यम से उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने का अनुरोध किया है

एक रिपोर्ट बाईट स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अच्छी तरह हाथ धोने से कोरोना वायरस से बचाव में कारगर मदद मिलती है

अब महंगाई भत्ता सत्रह प्रतिशत से बढ़कर इक्कीस प्रतिशत हो गया है यह बढ़ोतरी इस साल एक जनवरी से प्रभावी होगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसलों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इससे अड़तालीस लाख कर्मचारी और पैंसठ लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा एनडीए की ओर से आज जदयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर तथा भाजपा की ओर से विवेक ठाकुर ने राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हरिवंश और रामनाथ ठाकूर अभी बिहार से राज्यसभा सदस्य हैं वहीं विवेक ठाकुर भाजपा के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से तेज हवा के साथ रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक मोतिहारी में चार दशमलव सात मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं छपरा में दो दशमलव आठ और डिहरी में दो दशमलव छह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गायघाट गांव में तीन लोगों की झुलसकर मौत हो गयी इधर मौसम विभाग ने पन्द्रह मार्च तक पूरे प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बारिश के कारण खेतों में लगी फसल को नुकसान हुआ है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उददेश्य से आईआरसीटीसी द्वारा शुरू की गयी रामायण एक्सप्रेस आज बक्सर पहुंची केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और रेलवे के वरीय अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया

सावर्जनिक कार्यक्रमों पर भी लगायी गयी रोक

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा

और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज तेज हवा के साथ हुई बारिश